प्रदेश की पहली सरकारी ग्रीन बिल्डिंग का लोकार्पणई कचरा क्लीनिक का भी भोपाल में हुआ श्भारंभ जागरुक बालिका समर्थ मध्यप्रदेश की थीम पर आज राज्य में मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस

बाला बच्चन राज्य को माफियामुक्त प्रदेश बनाया जाएगा इसके लिए राज्य सरकार निरंतर माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है प्रदेश की जनता की हिफाजत करना सरकार का दायित्व है यह बात प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन ने आज इंदौर में आकाशवाणी से चर्चा के दौरान कही

उन्होंने कहा कि आम लोग कभी भी फोन कर माफिया के संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं

पार्टी का आरोप है कि प्रदेश में भू माफिया की आड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है

जबलपुर में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया वहीं छतरपुर में पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा मंडला रतलाम गुना रायसेन में भी भाजपा ने राज्य सरकार पर भूमाफिया के खिलाफ कार्यवाही में भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया खंडवा शिवपुरी आगरमालवा टीकमगढ़ राजगढ़ उमरिया सतना डिण्डौरी नीमच भिण्ड मुरैना हरदा धार मंदसौर खरगौन बड़वानी बैतूलनरसिंहपुर विदिशा सहित विभिन्न जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया ई कचरा प्रदेश की पहली सरकारी ग्रीन बिल्डिंग का लोकार्पण आज केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव डी एस मिश्रा ने किया यह बिल्डिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय महानिदेशालय के लिए बनाई गई है इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग का काम विकास को रोकना नहीं बल्कि लोगों को जागरुक बनाकर विकास को हरित विकास में बदलना है उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को अच्छा वातावरण देना हमारा दायित्व है कार्यक्रम में केन्द्रीय प्रद्रषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एस पी एस परिहार राज्य सरकार की ओर से मलय श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया श्री मिश्रा ने आज भोपाल में देश क पहले इलेक्ट्रानिक कचरा क्लीनिक का भी शुभारंभ किया इस क्लीनिक में घरेलू और व्यापारिक इकाइयों के इलेक्ट्रानिक कचरे का निपटान किया जायेगा मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

जैनमुनि सीएए जैन संत प्रमाण सागर ने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया है उनका कहना है कि इस कानून को पचास साल पहले लागू होना चाहिये था आज भोपाल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अखण्ड भारत का हिस्सा रहे क्षेत्रों के लोगों को नागरिकता देना हमारी जिम्मेदारी है वे हमारे भाई बंध् हैं उन्हें फिर से अपने साथ जोडने में क्या ब्राई है श्री प्रमाण सागर इन दिनों विश्व शान्ति महायज्ञ के लिए मुनि संघ के साथ भोपाल प्रवास पर हैं कश्मीर जस केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का उन्मूलन करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं केंद्र के विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत वे आज राजौरी जिले के कोटरंका में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

बेटियों के अधिकार को लेकर जागरुकता और उन्हें नए अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से महिला बाल विकास विभाग द्वारा संभाग और जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गये

उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर हीमोग्लोबिन परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया बैतूल के शासकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया

इस वर्ष राज्य स्तरीय समारोह भोपाल में राज्यपाल के मुख्य आतिथ्य में होगा कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह और मतदाता जागरूकता के स्टेट आईकॉन राजीव वर्मा दिव्यंका त्रिपाठी मौजूद रहेंगें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव ने बताया कि इस वर्ष समारोह की थीम मजबूत लोकतंत्र के लिये चुनावी साक्षरता विषय पर आधारित है समारोह में राजनैतिक दल मतदाता विद्यार्थी और नागरिक की उपस्थिति रहेगी